केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक घरों के निर्माण की मंजूरी दी है

हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने कल और परसो घने कोहरे की आशंका जताई है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानि सीएए में कोई धारा नहीं है जो किसी नागरिक की नागरिकता को छीन सके गृह मंत्री ने कहा कि धर्म के नाम पर अत्याचारों से जूझ रहे पड़ोसी मूलकों में अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जायेगी श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियां अफवाहें फैला रही है कि नागरिकता संशोधन अनिधियम से अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जायेगी

इसका उदघाटन् कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक जरनल श्री वाई सी मोदी ने पंजाब और हरियाण के डीजीपी की उपस्थिति में किया इस मौके पर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ पुलिस अंधिकारी और भारतीय सेना के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र इस जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आते है केन्द्र सरकार ने कहा है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है केन्द्रीय मंत्री हरदीप प्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ बाहर लाख घरों की प्रमाणित मांग में से एक करोड़ घर पहले ही मंजूर किये गये है

अपनी रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंकने कहा है कि घरेलू विकास दर कमज़ोर होने के बावजद् भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर है कल जारी की गई रिपोर्ट में बताया कि बैकिंग क्षेत्र में गतिविधियों में सुधार आया है रिपोर्ट में विकास तथा वित्तीय क्षेत्र के विनियमन जैसे मुद्दे पर भी बातचीत की गई

प्रधानमंत्री ने लोगों को इस प्रोग्राम में अपने विचार सांझा करने का निमंत्रण दिया है

यह यूटयूब चैनल और एआईआर डी डी न्यूज़ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चैननों पर भी सीधा प्रसारित किया जायेगा

इस बैठकमें भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त आयुक्त विवेक जोशी भी उपस्थित रहे

जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में की जा रही हैं

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नशे को खत्म करना उनकी प्राथमिकताओं में हैं और इस दिशा में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं

हरियाणा में पिछले कई दिनों में पड़ रही धुंध और घने कोहरे का प्रकोप जारी है प्रदेश में शीत लहर चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है

मौसम विभाग ने कल और परसो प्रदेश में कई जगह पर घने कोहरे के छाये रहने की आशंका जताई है

खुले में घुमने गये लोगों को शीतलहर जारी रहनेसे काफी मुश्किल हई तथा सामान्य जन जीवन भी ब्री तहर प्रभावित रहा

रेवाड़ी जिले से गुज़र रहे दिल्ली जयपुर हाइवे नंबर आठ पर बावल के समीप आढ़ी कट के समीप आज तड़के घने कोहरे के करीब एक दर्जन वाहन आपस में टक्रा गये हादसे में बस में सवार यात्री घायल हये है घायलों में से दो की मौत हो गई घायलों के उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है मरने वालों में एक की शिनाख्त नहीं हो पाई है हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया कोहरे के कारण पिकअप से पीछे चल रहा एक ट्राला व पिकअप गाड़ी भी उससे टकरा गई पीछे से आर दो डबल डेकर बसे भी ट्रोल व पिकअप से टकरा गई रेवाड़ी के उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यो की समीक्षा बैठक की बैठक में भू रिकार्ड का डिजिटलाईजेशन रेवेन्यू कोर्ट में विवादों का निपटान ई प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने आदि की समीक्षा की गई